प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि लोकतांत्रिक मूल्य हिंदू और बौद्ध सभ्यता में निहित हैं उन्होंने कहा कि वैश्विक संवाद में एशियाई लोकतंत्रों का योगदान उनकी आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के साथ तेजी से बढ़ाया जाना जरूरी है प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के तोक्यो में आयोजित संगोष्ठी संवाद की चौथी कड़ी के अवसर पर वीडियो संदेश के जरिए यह बात कहो संवाद की इस कड़ी का विषय है एशिया में साझा मूल्य और लोकतंत्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में भूटान के प्रधानमंत्री त्शेरिंगतोब्गे के साथ बैठक की दोनों नेताओं ने आपसी हित के विभिन्न मुद्दों और दोनों देशों के बीच विशेष मैत्री संबंध बढ़ाने पर चर्चा की श्री तोब्गे तीन दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे थे वे आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलेंगे केन्द्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने समेकित कृषि के प्रति किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सभी विकास केन्द्रों पर इससे संबंधित मॉडल विकसित करने के लिए कहा है श्री सिंह ने कल देर शाम लखनऊ में प्रदेश के सात महत्वाकांक्षी जिलों में लागू की जा रही विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक में यह बात कही उन्होंने कहा कि चयनित जिलों के सभी चयनित दो सौ गांवों के प्रत्येक किसान परिवार को किसी न किसी योजना से लाभान्वित अवश्य कराया जाये उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें खेती के साथ साथ बागवानी मध्मक्खी पालन मस्त्य पालन और मूर्गी पालन जैसे लाभ परक व्यवसायों के प्रति भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने सुझाव रखा कि महत्वाकांक्षी जिलों में विभिन्न योजनाओं के लिए लाभार्थियों के चयन में निर्धारित मापदंडों में छूट दी जानी चाहिए जिससे मापदंडों के नाम पर कोई किसान लाभ लेने से वंचित न रह जाये केन्द्रीय कृषि मंत्री ने इस बात पर बल दिया कि पशुओं के टीकाकरण मृदा परीक्षण जैसे कार्यक्रमों से महत्वाकांक्षी जिलों के चयनित गांवों के प्रत्येक किसान को लाभान्वित कराया जाये राधा मोहन सिंह जोड़ हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रदेश के आठ जिलों बहराइच श्रावस्ती बलरामपुर सिद्वार्थनगर चन्दौली सोनभद्र फतेहपुर और चित्रकूट जिलों को प्रधानमंत्री के वरीयता वाले कार्यक्रमों के लिए महत्वाकांक्षी जिलों के रूप में चयनित किया गया है इन जिलों को प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में विकास की दौड़ में पिछड़ने के रूप में चिन्हित किया गया है कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने खरीफ की फसलों के समर्थन मूल्य में बढ़ोत्तरी के केन्द्र सरकार के फैसले की सराहना करते हुए कहा है कि यह फैसला खेती की लागत उसके श्रम और विभिन्न कारकों के राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक शोध के बाद तय किया गया है आकाशवाणी समाचार लखनऊ से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने खरीफ की कई फसलों का मूल्य डेढ़ गुना ही नहीं बल्कि दो गुना स्तर तक भी बढ़ाया है केन्द्र सरकार का यह कदम साबित करता है कि वह किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है अब इसमें जो मजदूरी और पट्टा खरीद जमीन लिया है जमीन के किराये को भी इसके भीतर शामिल किया गया है परिवार के सदस्यों का रम है तो परिवार के सदस्यों का यदि उसमें जितने भी परिवार के सदस्य उनमें काम करते है उनके भी श्रम को जोड़ करके और उनकी लागत ली गई है और इस प्रकार स विविध प्रकार के खच जोताइ का है बोआई का है कटाई का है मड़ाई का है फर्टीलाइजर है सिंचाई है बीज है खाद है ये सब कुछ जोड़ते हए इस दाम में जो लागत आती है उस लागत का डेढ़ गुना ये कोशिश किया है भारत सरकार ने कि किसाानों के श्रम डेढ़ गुना हर फसलों का हो जाये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

नेपाल में फंसे हुए कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रियों को निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है

अब सिमिकोट में केवल डेढ़ सौ व्यक्ति और तिब्बत की तरफ कुछ अन्य लोग फंसे हुए हैं बाकी के फंसे तीर्थ यात्रियों को भी जल्द ही निकाल लिये जाने की उम्मीद है भारतीय दूतावास के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय रेलवे भी श्रद्वालुओं की हर संभव सहायता कर रहे है बहराइच जिला प्रशासन निकाले गये तीर्थ यात्रियों की निगरानी कर रहा है और गंतव्य तक पहुंचने में उनकी मदद कर रहा है भारतीय रेलवे प्राथमिकता के आधार पर श्रद्धालुओं को विभिन्न ट्रेनों से उनके घर पहुंचा रहा है बहराइच की जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि यात्रियों के विवरण दर्ज करने के साथ ही उन्हें अपने घरों को भेजे जाने के लिए जरूरी संविधाएं मुहैया कराने का काम लगातार किया जा रहा है

विश्वविद्यालय में हुए उपद्रव के मामले में आज प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह और लखनऊ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक क्मार जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस राजेश सिंह चौहान की अदालत में पेश हुए अदालत ने पूछा कि इस मामले के आरोपियों पर समय रहत कार्रवाई क्यों नहीं की गई अदालत ने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और प्राक्टर को भी तलब किया था इस मामले में सरकार पहले ही डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी का तबादला कर चुकी है और स्थानीय चौकी इंचार्ज को निलम्बित किया जा चुका है इस मामले में आज प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने द्ःख जताया उन्होंने पत्रकारों से सबातचीत में कहा कि कुलाधिपति होने के नाते जो कुछ वहां हुआ वह अशोभनीय रहा इस मामले में मैने पूरी रिपोर्ट मांगी थी जो मुझे प्राप्त हो गई है उन्होंने स्वतः संज्ञान लेने के लिए न्यायालय का भी धन्यवाद किया